श्री मोदी ने कहा विपक्षी दल झूठी बातें और अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं प्रदेश में भी मनाया गया सुसाशन दिवस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से शामिल हुए लोग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए वर्ष से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की है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

किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी श्री मोदी ने कहा सरकार ने कृ षि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के लिए बेहतर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है कि देश के किसान अपनी उपज के लिए सही दाम प्राप्त कर सकें सुशासन दिवस राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी की जंयती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुशासन दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में किसानों को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को तीन लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे रही है साथ ही कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने रुड़की में किसानों से संवाद किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं वहीं हल्द्वानी में इस मौके पर नैनीताल जिले के प्रभारी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किसानों को सम्मानित किया उन्होंने कृषि विभाग की ओर से लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टालों का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है राज्य के उत्पादों की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी है

अल्मोड़ा जिले के हवालबाक विकास खण्ड में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान सहित सासंद सदस्य अजय टम्टा ने प्रतिभाग किया इसके अलावा टिहरी चमोली जनपदों में भी सुशासन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यकमों के आयोजन की खबर है फास्टैग अनिवार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए वर्ष से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की है वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में कल श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष पहली जनवरी से फास्टैग लागू होगा श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रूकना पड़ेगा इससे ईंधन और समय की बचत भी होगी

मंत्रालय फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है ताकि सभी वाहन मालिक अगले दो महीनों में फास्टैग लगवा लें क्रिसमस प्रदेश भर में आज क्रिसमस का त्यौहार परंपरागत ढ़ग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं इस अवसर पर लोगों ने क्रिसमस ट्री रंग बिरंगे कागज के सितारों और फूलों के हार से अपने घरों को सजाया और उपहारों का आदान प्रदान किया राजधानी देहरादून मसूरी और नैनीताल में क्रिसमस पर्व पर लोगों में खासा उत्साह दिखायी पड़ा और लोगों ने कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए किक्रसमस पर्व मनाया सेंट फ्रांसिस चर्च देहरादून के फादर जिनेश ने बताया कि कोरोना को देखते हुए एहतियात के साथ क्रिसमस की प्रार्थना की गई उन्होंने कहा की आज उन्होने प्रभु यीशु से कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त करने की प्रार्थना की उन्होने बताया कि चर्च में आने वाले लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश दिया गया हर साल क्रिसमस को धूमधाम से मनाने वाली मैगी जोशी मायूस हैं उनका कहना है कि कोरोना के कारण दिक्कतें हुई हैं सभी को कोरोना से बचना जरूरी है ऐसे में साधारण ढंग से ही क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं

यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में स्वर्गीय श्री वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित इस अवसर पर उन्होंने देहरादून के झाझरा ग्राम का दौरा कर वहां गरीब बच्चों और परिवारों को ऊनी वस्त्र एवं कम्बल भी वितरित किये विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास पर अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इस मौके पर उन्होंने कहा कि अटल जी ने जीवन पर्यन्त राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण ऐसा था कि उनके चिर विरोधी भी उनका हृदय से सम्मान करते थे आज अटल जी भले ही इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन वह अपने विचारों के माध्यम से हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे श्रद्वांजलि राष्ट्र आज शिक्षाविद् और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदनमोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है वे महामना के रूप में लोकप्रिय थे और उन्होंने देशवासियों में आधुनिक शिक्षा को बढावा देने का प्रयास किया

सरकार ने किसानों से अगले दौर की बातचीत की तिथि और समय के बारे में निर्णय करने के लिए कहा है किसान संघों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा खुले दिमाग से बातचीत तथा आंदोलनकारी किसानों की मांगों के तार्किक समाधान के लिए तैयार है